मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोविड टीकाकरण स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार शनिवार से विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लगातार सम्पर्क में ही स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की जाती ही कि वह वक्कसीन के परिवहन के लिए तक्वार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और निकट भागीदारी का अभ्यास करें

श्री भूषण ने कहा है कि कोविड के चार अन्य टीके भी हैं जो भारत में निर्मित किए जाएंगे और शीघ्र ही उपलब्ध होंगे

और इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर हा

एयरपोर्ट से वक्कसीन को निर्धारित कोल्ड चेन प्रणाली के अन्तर्गत देहरादुन स्थित राज्य केन्द्रीय औषधि भण्डार गुह में पहंचाया गया जहां पर इसे वॉक इन कलर में सुरक्षित रखा गया है स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि केन्द्रीय औषधि भण्डार से वक्क्सीन का वितरण निर्धारित मात्रा के अन्सार सभी जिला और रिजनल वक्त्सीन भण्डारगुहों को किया जाएगा

जिलाधिकारी सुरेन्द्र नारायण पांडे ने कहा कि कल जिला अस्पताल लोहा ाट और टनकप्र में ड्राईरन होगा

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को वक्क्सीनेशन को लेकर सभी तब्वारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिये

उन्होंने बॉयोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये

इस अवसर पर हवालबाग विकासखण्ड के ग्राम कनेली के काश्तकार मनोज उपाध्याय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाभकारी बताया

सांसद और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एथॉरिटी के सलाहकार राजीव प्रताप रूड़ी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि टाइगर ट्रांसलोकेशन के तहत राजाजी नेशनल पार्क में लाये जाने वाले बा ों की सुरक्षा बहत महत्वपूर्ण हण इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं उन्होंने बताया कि पार्क की हरिद्वार मोतीचूर और कांसरो रेन्ज से ग्जर रहे रेलवे ट्रक्व को लेकर भी अहम मंत्रणा की गई हण इस रेल ट्रक्क पर ट्रेनों के संचालन और पट्रोलिंग को लेकर पूरा खाका तष्टार कर लिया गया है

विजय मशाल सेना की स्वर्णिम विजय मशाल मंगलवार की देर शाम बागेश्वर पहंची

साथ ही सेना की ओर से वीर चक्र विजेताओं की वीर नारियों और परिजनों को सम्मानित किया गया

इनमें सूबेदार नंदन सिंह सिपाही खड़क सिंह ध हवलदार शंकर दत पाठक और गंगा सिंह शामिल हैं

संदेश यात्रा बागेश्वर में ज क्ली बेगार प्रथा की सौर्वी वर्षगांठ पर शताब्दी संदेश यात्रा निकाली गई जिलाधिकारी विनीत क्मार ने तहसील परिसर से संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर कुली बेगार प्रथा का अंत करने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि भी दी गई